आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशव्यापी फिट इंडिया अभियान की शुरूआत करते हए उन्होंने कहा कि फिटनेस भारत में जीवन का अनिवार्य हिस्सा रहा है लेकिन समय के साथ लोग इसके प्रति उदासीन हो गये हैं उन्होंने कहा कि टैक्नोलॉजी के आने के साथ ही शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस से लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरूआत हुई है उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर आगे जाने का है फिटनेस एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ और समृद्व जीवन की एक जरूरी शर्त है फिटनेस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनियमित जीवन शैली से मध्यमेह और रक्तचाप से संबंधित बीमारियां हो रही हैं जो जीवनशैली में परिवर्तन से ठीक हो सकती हैं उन्होंने कहा कि फिट इंडिया अमियान लोगों को इन बदलावों के लिए प्रेरित करेगा प्रधानमंत्री ने लोगों से इस अभियान से जुड़ने को कहा फिट इंडिया अभियान भले की सरकार ने शुरू किया है लेकिन इसका नेतृत्व आप सभी को ही करना है देश की जनता ही इस कैंपेन को आगे बढ़ायेगी और सफलता की बुलंदी पर पहुंचायेगी मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है लेकिन रिटर्न असीमित है प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहल समय की जरूरत है और इससे देश का स्वस्थ भविष्य होगा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा आज का दिन भारत के नौजवान खिलाड़ियों को बधाई देने का है जो विश्व मंच पर देश के तिरंगे को लगातार नया गौरव प्रदान कर रहे हैं उन्होंने कहा कि चाहे बैडमिंटनटेनिस एथलेटिक्स बॉक्सिंग कुश्ती या अन्य कोई भी खेल हो भारतीय खिलाड़ी देश की आशाओं और आकांक्षाओं को नये पंख दे रहे हैं हमारे खिलाड़ी हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं को नए पंख लगा रहे हैं उनका जीता हुआ मेडल उनके तप और तपस्या का परिणाम तो है ही ये नए भारत के नए जोश और नए आत्मविश्वास का भी पैमाना है मेजर ध्यानचन्द की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर के तुलसीपुर नगर में माँ आदिशक्ति पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में युवाओं की दौड़ टीम को हरी झंडी दिखाकर फिट इण्डिया अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिये हमें किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नही रहना चाहिये परम्परागत खेलों से हम खुद को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं कार्यक्रम को प्रदेश के खेल मंत्री उपेन्द्र तिवारी ने भी सम्बोधित किया गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी चार्ज सुविधा भविष्य में पेट्रोल पंपों की तरह उपलब्ध हो जाएगी उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन वाहनों की बैटरी चार्ज करवाने में पेट्रोल भरवाने के मुकाबले में कम समय लगेगा अमित शाह आज सवेरे अहमदाबाद में जनमार्ग बस रेपिड ट्रांजिट प्रणाली के लिए आठ इलैक्ट्रिक बसों के बेड़े को इंडी दिखाकर रवाना किए जाने के अवसर पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य तय किया है उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को पूरा करने में ग्रोथ इंजन बनेगा मुख्यमंत्री आज लखनऊ में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज एम एस एम ई के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर का बनाने में एम एस एम ई की महत्वपूर्ण भूमिका होगी श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पारम्परिक उद्योगों को बढ़ावा दिया है इससे निर्यात में हमारा प्रदेश अग्रणी बना है और हम चौदह लाख लोगों को रोजगार दे सके हैं इस अवसर पर एम एस एम ई के केन्द्रीय राज्य मंत्री प्रताप चन्द सारंगी भी मौजूद रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे एक रिपोर्ट पहलवान बजरंग पूनिया और पैरा एथलीट दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा